सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें

प्रक्षेक प्रेमप्रकाश सिंह और जिला निर्वाचन अधिकारी तरूण राठी ने कल अधिकारियों के साथ बैठक कर अब तक हई तैयारियों की समीक्षा की दूसरी राजनैतिक दल भी चुनाव प्रचारमें जुटे है प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने आज दमोह में चुनाव संचालन समिति की बैठक कर प्रचार अभियान और चुनावी रणनीति पर चर्चा की उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी राहुल लोधी कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन सहित चुनाव मैदान में उतरे अन्य प्रत्याशी सघन जनसंपर्क कर रहे हैं सीएम आव्हन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी राजनैतिक दलो सामाजिक संगठनो से कोरोना संक्रमण को रोकने में सहयोग का आव्हन किया है उन्होंने आज भोपाल में मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि सभी दलो और संगठनो को संक्रमण की रोकथाम के लिए जन जागरण अभियान में भागीदारी करनी चाहिए श्री चौहान ने बताया कि वे खुद कल भोपाल के अलग अलग हिस्सों में लोगों से मास्क लगाने का आव्हन करेंगे

इस दौरान वेवजह घर से निकलने मास्क न पहनने पर सख्ती की जा रही है वहीं नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र पर टीकाकरण के लिए लोगों को छूट दी गई है

राज्य सरकार ने निर्देश दिये हैं कि प्रत्येक गरीब मरीज का निःशुल्क इलाज सुनिश्चित किया जाये

यह नीति केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट पर देखी जा सकती है पिछले क्छ समय से असाध्य रोगों के प्रबंधन और बचाव के लिए एक व्यापक नीति की मांग की जा रही थी विभिन्न पक्षकारों और विशेषज्ञों के साथ कई सलाह मशविरों के बाद इस नीति को अंतिम रूप दिया गया है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि इस नीति का उद्देश्य असाध्य रोगों के इलाज की लागत कम करना और इन पर राष्ट्रीय शोध को बढ़ावा देना है इससे संबंधित दवाइयों का उत्पादन स्थानीय स्तर पर किया जा सकेगा और इलाज में कम लागत आएगी जयंती सुप्रसिद्ध साहित्यकार पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की जयंती आज उनकी कर्मभूमि खंडवा में गरिमामय तरीके से मनाई जाएगी इस अवसर पर खंडवा के पत्रकारों की ओर से माखनलाल की प्रतिमा स्थल पर कार्यक्रम आयोजित होगा

दीप प्रजवलन के समय कोरोना संबंधित दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा सभी अनिवार्य रूप से मास्क और सामाजिक दूरी का पालन करते हुए कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे